श्री मोदी ने कहा कि कानून की सही और पूरी जानकारी किसानों की ताकत बन सकती है उन तक सही जानकारी पहंचना जरूरी है प्रदेश के बारा जिले के किसान उत्पादक संघ के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद असलम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे किसानों को जागरुक करने की दिशा में बेहतरीन काम कर रहे हैं उन्होंने कई किसानों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिस पर वे आस पास की मंडियों के भाव की जानकारी रोजाना देते हैं और अन्य तरीकों से भी किसानों को जागरुक कर रहे हैं श्री असलम ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में उनके संगठन का जिक्र आने पर गौरवांवित महसूस किया और कहा कि वे आगे भी किसानों के लिए काम करते रहेंगे

श्री मोदी ने विश्वविद्यालयों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय परिसर मिनी इंडिया होते हैं जहां भारत की विविधता के दर्शन होते हैं इन परिसरों में न्यू इंडिया के लिए बड़े बदलाव का जज्बा दिखता है श्री मोदी ने कोरोना को लेकर किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की और कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से जारी रखना चाहिए

उन्होंने छह दिसम्बर को आने वाली बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ उनकी सीख को अपनाने का आहवान किया रेलमंत्री पीयूष गोयल ने आज ढिगावड़ा बांदीकुई विद्युतिकृत रेलमार्ग का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई तकनीकों के प्रयोग से पर्यावरण संरक्षण को बढावा मिलता है कार्यक्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनन्द प्रकाश ने बताया कि इस रेल मार्ग पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए सात मेगावाट के सोलर एनर्जी पैनल भी लगाये गये हैं राज्य में अब तक एक हजार आठ सौ किलोमीटर से भी ज्यादा रेलवे का विद्यतिकरण किया जा चुका है ढिगावड़ा बांदीकुई रेल मार्ग के विद्युतिकृत होने से अब राजधानी जयपुर में रेलगाड़ियां इलेक्ट्रिक इंजन से चलेंगी

आज भरतपुर अलवर मार्ग पर पान्हौरी गांव के पास एक पिकअप और ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मृत्यु हो गई और दस लोग गंभीर रूप से घायल हो गये ये सभी एक ही परिवार के लोग थे और पिकअप र्स झांसी से शादी के लिए हरियाणा जा रहे थे वहीं बीकानेर के पूगल में एक जीप और ट्रक की टक्कर में दस लोग घायल हो गये इलाज के दौरान इनमें से दो लोगों की मुत्यु हो गई झालावाड के रामनगर गांव में एक बस की टक्कर से बाइक पर सवार दो युवक और एक बालिका की मौत हो गई प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर लगाये जा रहे हैं